प्रदेश में पंद्रह नवम्बर से होगी धान की खरीद

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि डिजिटल इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य आम आदमी का तकनीक के जरिये सशक्तीकरण करना है उन्होंने युवाओं से जन कल्याण के लिये टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का आहवान किया है श्री मोदी आज नई दिल्ली में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये आईटी क्षेत्र के पेशेवरों और औद्योगिक प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लोगों से स्वच्छता को अपने नैतिक दायित्वों में शामिल करने की अपील की उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से देश महात्मा गांधी के सपनों को पूरा कर रहा है केन्द्र सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं का प्रतिदिन का विजिट चार्ज बढ़ाकर तीन सौ रूपये कर दिया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला किया गया इस संबंध में केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि इस फैसले से स्वास्थ्य से जुड़े एक करोड़ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को फायदा होगा

कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामलों को निपटाने के लिए केंद्र ने मंत्रियों का एक समूह गठित किया है जो मौजूदा कानूनी और संस्थागत ढांचे की जांच करेगा मंत्रियों के समूह की अध्यक्षता गृहमंत्री राजनाथ सिंह करेंगे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन और महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी को मंत्रिसमूह का सदस्य बनाया गया है यह मंत्रिसमूह मौजूदा प्रावधानों पर कारगर अमल सुनिश्चित करने और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मुददों से निपटने के लिए वर्तमान कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के बारे में कार्रवाई की सिफारिश भी करेगा गठन के तीन महीने के भीतर मंत्रिसमूह महिलाओं की सुरक्षा के मौजूदा प्रावधानों की जांच करेगा और आगे के उपाय सुझाएगा उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज कहा कि पंद्रह नवम्बर से धान की सरकारी खरीद की जायेगी उन्होंने नमी दूर करने के लिये चालीस पैक्सों में ड्रायर मशीन लगाने का निर्देश दिया श्री मोदी ने आज सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह और अन्य अधिकारियों के साथ धान खरीद को लेकर समीक्षा बैठक की उप मुख्यमंत्री ने कहा कि धान खरीद के लिये सहकारी बैंकों को छह सौ चौहत्तर करोड़ रूपये की राशि और पांच सौ करोड़ रूपये की बैंक गारंटी उपलब्ध करायी गयी है इस वर्ष किसानों से सत्रह सौ पचास रूपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद की जायेगी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने आज कहा कि राज्य में सघन अभियान चलाकर सभी सामाजिक वर्ग के लोगों को पार्टी से जोड़ा जायेगा श्री राय ने कहा कि सताईस अक्टूबर से इकतीस अक्टूबर तक सघन सदस्यता अभियान चलाकर हर बूथ से पचास नये सदस्य बनाये जायेंगे पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज में भारत नेपाल सीमा पर पिलर नम्बर चार सौ नौ के पास से एसएसबी जवानों ने दो सौ बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया पकड़े गये अपराधी को एसएसबी ने सिकटा थाने को सौंप दिया है श्रम संसाधन विभाग ने कहा है कि जिन केन्द्रों पर आईटीआई की पुनर्परीक्षा का बहिष्कार किया गया है वहां दोबारा परीक्षा नहीं ली जायेगी कल दो सौ अठारह केन्द्रों पर आयोजित प्रनर्परीक्षा में लगभग इक्यानवे केन्द्रों पर परीक्षार्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार किया था श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि जो परीक्षार्थी परीक्षा नहीं देंगे उनके रिजल्ट पर इसका असर पड़ेगा

परीक्षार्थियों का आरोप है कि प्रशासनिक लापरवाही से बार बार परीक्षा रद्द होती है जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है वहीं मोतीहारी में परीक्षार्थियों ने ज्ञान बाबू चौक पर कई घंटों तक आगजनी कर वाहनों की आवाजाही बाधित कर दी राज्य सरकार के निःशक्तता आयुक्त शिवाजी कुमार ने कहा है कि प्रदेश में दिव्यांगजनों के कानूनी अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में कड़ी कार्रवाई की जा रही है मुंगेर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री कुमार ने कहा कि दिव्यांग कल्याण से जुड़ी योजनाओं में लापरवाही के आरोप में बेतिया में दो अधिकारियों को जेल भेजा गया है प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से किसानों को मिल रही सुविधाओं से फसल सुरक्षा और उत्पादकता बढाने में मदद मिल रही है

आकाशवाणी समाचार के लिए औरंगाबाद से कमल किशोर बेगूसराय जिले के मटिहानी थाना क्षेत्र अंतर्गत सिन्हमा गांव में एसटीएफ की छापेमारी में आज एक इंसास सहित दो रायफल और पंद्रह कारतूस बरामद किये गये इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है गौरतलब है कि कल इसी इलाके में छापेमारी के दौरान एके सैंतालीस रायफल समेत कई हथियारों के साथ चार लोगों गिरफ्तार किया गया था मूंगेर में बड़ी संख्या में एके सैंतालीस रायफल बरामदगी मामले की जांच एनआईए करेगी पूलिस अधीक्षक बाबूराम ने बताया कि हथियार तस्करी मामले में छह प्राथमिकी दर्ज की गयी है इन सभी मामलों को एनआईए को सौंपने की कानूनी प्रक्रिया अंतिम दौर में है सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने पूर्वी चंपारण जिले में भारत नेपाल सीमा पर रक्सौल में कोरिहर चौक के पास गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर अस्सी लाख रूपये मूल्य का चरस जब्त किया है एसएसबी की सैंतालीसवीं बटालियन के कमांडेंट प्रियवर्त शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर जावेद खान के पास से चार किलो चरस बरामद किया गया है वह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का रहने वाला है पूर्व मध्य रेलवे के गया दीनदयाल उपाध्याय रेलखंड पर डेहरी ऑन सोन में नन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते तीस अक्टूबर तक इक्कीस ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है पटना गया और झारखंड जाने वाली तीन ट्रेनों का आशिंक समापन सोन नगर स्टेशन पर किया जा रहा है यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रेलवे द्वारा वैध टिकट वाले यात्रियों को सोन नगर से डेहरी ऑन सोन ले जाने की व्यवस्था की गयी है वहीं पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर कैंट और कुसुमही स्टेशनों के बीच निर्माण कार्य के कारण नरकटियागंज सीवान और बेतिया से होकर चलने वाली कई पैंसेजर ट्रेनों का परिचालन आज से उनतीस अक्टूबर तक रद्द कर दिया गया है प्रदेश में आज शरद पूर्णिमा और वाल्मिकी जयंती ध्रमधाम से मनायी गयी प्रदेश के विभिन्न नदियों तालाबों और पोखरों में श्रद्वालुओं ने शरद पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र स्नान किया और पूजा अर्चना की मिथिला क्षेत्र में इस अवसर पर कोजागरा का पर्व ध्मधाम से मनाया जा रहा है लोग देवी लक्ष्मी की श्रद्धापूर्वक पूजा कर रहे हैं इस अवसर पर पान और मखाना खाने की परंपरा है वहीं वाल्मिकी जयंती के अवसर पर आदि कवि महर्षि वाल्मिकी को श्रद्धापूर्वक याद किया गया

प्रदेश में पंद्रह नवम्बर से होगी धान की खरीद